अब प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे

मतों की गिनती दस नवम्बर को होगी

भाजपा ने जहां कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के भ्रष्टाचार तबादला उद्योग जैसे आरोप लगाये वहीं कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में हुई कथित गड़बड़ियों को जनता के सामने रखा प्रचार के अंतिम दिन सभी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोक दी चुनाव प्रचार में प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताक झोक दी अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने अपने तरीकों से प्रचार कार्य में जुटे रहे

उधर निर्वाचन आयोग ने भी कोविड निर्देशों के साथ निष्पक्ष और निर्भीक मतदान की तैयारियां पूरी कर ली है

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी संग्रहण एक लाख करोड़ रुपये से पार होना देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है

लेकिन भारत सरकार की अनुमति जैसे ही मिलेगी इस रूट पर भी यात्री ट्रेन चलने लगेगी

स्वास्थ्य सेवाए संचालनालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों के नये मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है कोरोना से मृत्यु के मामलों में भी गिरावट आई है जन आंदोलन वरिष्ठ खेल पत्रकार इन्द्रजीत मौर्य ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने बार बार हाथ धोने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त संदर्भ में स्पष्टीकरण जारी कर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी श्रेणी के शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकीय आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है

मौसम शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्रदेश में सर्दी बढ़ने लगी है परंपरा अनुसार शरद पूर्णिमा के साथ ही शीत ऋत् आ आगमन माना जाता है पिछले दो दिनों से राज्य के अधिकांश जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है मौसम केन्द्र के अनुसार उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने प्रदेश की फिजा में ठण्डक घोल दी है रात और सुबह के वक्त भोपाल सहित कई जिलों में अधिक सर्दी महसूस होने लगी है राज्य में कई स्थानों पर करीब सवा महीने बाद पिछले दो दिनों से दिन और रात का तापमान में लगातार कमी आ रही है

अन्य जिलों में मौसम श्रष्क रहा

दूसरे मैच में अब् धाबी में चेन्ई सुपर किंग्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को नौ विकेट से हरा दिया ट्र्नमिंट में आज अब् धाबी में दिल्ली कैपिटल्सब का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होगा

इसके अंतर्गत कालिदास अकादमी उज्जैन में और शेष कार्यक्रम भोपाल में आयोजित की जायेगी